यह संबोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा हिन्दी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण प्रादेशिक भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात साढे नौ बजे से किया जायेगा

इसके त्रंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा

कोरोना महामारी को सायं में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकर कल कल्ल में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रे मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की श्रभकामनाएं दी है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विधायक विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ दी है

इस मौके पर शमशी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हम सब को सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और मास्क लगाने के लिए विवश कर दिया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो महीने से अधिक समय तक लॉकडॉउन के बावजूद किसी को भी भूखे नहीं सोना पडा उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने पीएम केयर फंड और मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए दिल खोलकर अंशदान किया इसी तरह जनप्रतिनिधि भी इस महामारी से लड़ने के लिए यथासंभव अंशदान कर रहे हैं उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि पहले कांग्रेस प्रदेश से बाहर फंसे लोगों के लिए चिंतित थी लेकिन जब सरकार ने इन लोगों को वापिस प्रदेश लाया तो अब सरकार पर दूसरे राज्यों से कोरोना हिमाचल लाने का आरोप लगाया जा रहा है

डॉक्टर जगत राम सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत सेर जगास पबियाना गांव के निवासी है डॉक्टर जगत राम किन्हीं कारणों से पिछले वर्ष हिमाचल गौरव प्रस्कार प्राप्त करने के आयोजित समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर अपनी किसी भी बात पर कायम न रहने का आरोप लगाया है पठानिया ने आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अग्निहोत्री पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री ओकओवर में बैठे रहते हैं अब जब मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं तो उनके दौरों पर भी उंगलियां उठाई जा रही है जो सरासर गलत है उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को राजनीति का घटिया स्तर करार दिया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सेवा कर रहे हैं जबकि कांग्रेसी घर में दबके हए हैं उन्होंने कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन पर भी पूरे कोरोना काल में घर में ही छीपे रहने का आरोप लगाया

कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल के महिला प्रसूती वार्ड में आज एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है इस मामले के बाद वार्ड को सील कर दिया है और महिला को कोविड केयर सेंटर स्थानांतरित कर दिया गया है